भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे श्री गांधी इसके बाद कर्नाटक के रायचुर और चिकोडी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं उत्तरप्रदेश के मैनपूरी में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और बहजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती आज एक ही मंच से रैली को संबोधित कर रहे हैं मैनप्री से गठबंधन के उम्मीद्वार के रूप में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के पक्ष में कोतमा और राजेन्द्रग्राम मे च्नावी सभा को संबोधित करेंगे इन सभाओं के बाद श्री चौहान सीधी संसदीय क्षेत्र के देवसर और धोहनी में भीं जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ छिन्दवाड़ा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में व्यापारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए विभिन्न वायदों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं

प्रियंका इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर शिव सेना में शामिल हो गई इस दौरान उन्होंने कहा कि मुम्बई उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है उन्होंने उत्तर प्रदेश में उन पार्टी कार्यकर्ताओं को बहाल करने के विरोध में त्यागपत्र दिया है जिन्होंने उन्हे धमकी दी थी और उनसे दुर्व्यवहार किया था सुश्री चतुर्वेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है श्री गांधी को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात करती है लेकिन कुछ सदस्यों का व्यवहार इसके प्रतिकूल है विज्ञापन प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा उसके एक विज्ञापन पर रोक लगाये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है पार्टी की मीडिया प्रमुख शोभा ओझा ने कहा है कि पार्टी ने इस विज्ञापन पर प्रनर्विचार के लिए चूनाव आयोग से आग्रह किया है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस तरह के विज्ञापन और बयानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए हनुमान जयंती देश सहित प्रदेश में भी आज हनुमान जयंती पारंपरिक श्रद्वाभाव से मनाई जा रही है इस मौके पर कल से ही अखण्ड रामायण पाठ आयोजित किये जा रहे हैं साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है और जगह जगह भण्डारों के आयोजन किये गये हैं राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही हनुमान मंदिरों में लोगों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है इस अवसर पर पुराने भोपाल में चल समारोह निकाला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीट के जरिये संदेश दिया है कि भक्त हनुमान का जीवन समाज के बुराइयों के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है प्रदेश के होशंगाबाद सतना और शिवपुरी सहित अन्य जिलों से भी हनुमान जयंती मनाये जाने के समाचार मिले हैं गुड फ्रायडे ईसा मसीह की याद में आज गुड फ़ायडे के अवसर पर प्रदेश के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है राजधानी भोपाल के प्रमुख गिरजाघरों में कल रात से ही विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुड फ़ायडे पर ईसा मसीह के बलिदान का स्मरण किया है उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रभु ईशु जीवन के उच्च आदर्श और अनुकरणीय साहस तथा शक्ति के स्रोत हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कहा है कि ईसा मसीह ने लोगों के प्रति अन्याय पीड़ा तथा दुःख दर्द को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कल शिवपुरी में नामांकन दाखिल करेंगे